मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया बैठक में सरकारी स्कूलों में अंशकालीन मल्टी टास्क वर्कर्स को समिलित करने के लिए एक नीति तैयार करने को भी मंजूरी दी गई

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिले के सरकाघाट के बर्चवाड़ में प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने और शिमला में लोकनिर्माण विभाग के तहत नए बागवानी खंड खोलने का निर्णय भी लिया

वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न आवास योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए डेढ़ लाख रूपए दिए जा रहे हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं जिसकी प्रधानमंत्री ने भी सराहना की है अनुराग केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना संकट के दौरान समाज के सभी वर्गों को राहत देने के लिए प्रयासरत है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के अलग अलग शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने के निर्णय से लाखों मजदूरों को लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए अहम फैसलों से देश के करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि रोटरी क्लब का समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद रोटरी क्लब के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर लोगों को सम्बोधित कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि रोटरी क्लब द्वारा शिक्षा व साक्षरता कार्यक्रमों में सराहनीय कार्य किया जा रहा है और कोरोना महामारी से निपटने में भी क्लब अहम भूमिका निभा रहा है राढौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार से कोरोना महामारी को देखते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी कक्षा की परीक्षाएं आयोजित न करने की मांग की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लिखे एक पत्र में राठौर ने कहा कि विद्यार्थियों का ऑनलाईन आकलन कर उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जाना चाहिए राठौर ने भी कहा है कि प्रदेश में इस वर्ष मार्च से सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं ऐसे में किसी भी संस्थान द्वारा विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जानी चाहिए

अकादमी के सचिव कर्म सिंह ने बताया कि तीन सत्रों में आयोजित होने वाले इस कार्यकम में वक्तव्य पहाड़ी गांधी की कविताओं का गायन परिचर्चा व कविता पाठ होगा